इन्नाइल के प्रधानमंत्री देन्यामिन नेतन्याह ने उनके देश को भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की आपूर्ति पर धन्यवाद दिया है इसके जवाब में प्र्यानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को इस महामारी का मिलकर मुकाबला करना होगा एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वे इम्राइल के लोगों की कुशलता और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं प्रधानमंत्री ने ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को भी धन्यवाद दिया श्री मोदी ने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण समय में भारत और ब्राजील की साझेदारी और मजबूत हुई है उन्होंने कहा कि भारत इस महामारी के खिलाफ मानवता के साथ खड़ा है और हर प्रकार के योगदान के लिए तैयार है इससे पहले ब्राजील के राष्ट्रपति ने उनके देश को भारत की ओर से मलेरिया प्रतिरोधक दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बनाने का कच्चा माल दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया था इस दवा को कोविड नाइन्टीन के उपचार में कारगर माना जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन के खिलाफ साझा लड़ाई में भारत नेपाल के साथ है श्री मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से बात कर मैजूदा स्थिति के बारे में चर्चा की श्री मोदी ने इस चुनौती से निपटने में नेपाल के लोगों के संकल्प की सराहना की प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इस महामारी के बारे में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आवे से भी बात की उन्होंने कहा कि विशेष रणनीति और वैश्विक भागीदारी से नयी तकनीक और समाधान निकाले जा सकते हैं जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र और पूरी दुनिया को फायदा होगा प्रदेश सरकार ने आज उन छोटे द्कानदारों और कामगारों के खाते में एक एक हजार रूपये डाले हैं जिनका जीवन और कमाई लॉकडाउन से प्रभावित है हमारे संवादादाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहरी इलाके के चार लाख छोटे दुकानदारों के खाते में ई भुगतान किया है इन लाभार्थियों में ऑटो चालक रिक्शा चालक ई रिक्शा चालक सड़क पर खोंचा लगाने वाले और मंडियों में पल्लेदारी करने वाले मजदूर शामिल है इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार उन सभी गरीबों का ख्याल रख रही है जिनकी आजिवीका लॉकडाउन से प्रभावित हुई है इस सिलसिले में पहले चरण में ग्यारह लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के खाते में एक हजार रूपये भेजे गये हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कल्याण योजना के तहत अनाज और पैसे देने के साथ ही मुफ्त सिलिंडर भी मुहैया कराया जा रहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड नाइन्टीन से जुड़े सामाजिक भेदभाव रोकने के लिए परामर्श जारी किया है परामर्श में कहा गया है कि इस महामारी के प्रकोप के दौरान जन स्वास्थ्य की आपात स्थिति को देखते हुए लोगों में भय और चिंता बढ़ जाती है जिसकी वजह से सामाजिक डर का माहौल बन जाता है ऐसी गतिविधियों से वैमनस्य अराजकता और अनावश्यक सामाजिक बाधाएं पैदा होती हैं कोरोना वायरस के बारे में आशंकाओं और झूठी खबरों के कारण कृष्ठ समुदायों और क्षेत्रों में डॉक्टरों और नर्सों जैसे अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि आपस में दूरी बनाए रखकर और व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन कर इस बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है लोगों को यह सलाह दी गई है कि स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मचारी जो इस मुश्किल घड़ी में अपनी सेवाए प्रदान कर रहे हैं वे प्रशंसा के पात्र हैं इसलिए उनका समर्थन और हौसला अफजाई करें स्वास्थ्य पेशेवरों सफाई कर्मचारियों और पुलिस को निशाना न बनाएं प्रभावित व्यक्ति और उसके इलाके के नाम या पहचान को सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें

मंत्रालय ने मीडिया की उन खबरों को गलत बताया है जिनमें दावा किया गया था कि रेलवे ने पन्द्रह अप्रैल से रेलगाडियों के परिचालन का कार्यक्रम जारी किया है मंत्रालय के अनुसार जब भी इस बारे में कोई निर्णय किया जाएगा तो सभी सम्बद्द पक्षों को इसकी जानकारी दी जाएगी

ऐसी खबरें आई थी कि कोविड नाइन्टीन के मद्देनजर सरकार अपने कर्मचारियों की पेंशन में तीस प्रतिशत की कटौती कर रही है और अस्सी वर्ष की उम्र से ऊपर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन स्थगित कर रही है पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है और यह अफवाहें निराधार है इसाई समुदाय आज गुड फ्राइडे मना रहा है इस दिन ईसा मसीह सूली पर चढ़े थे और कैलवरी में उनका निधन हो गया था यह ईस्टर रविवार से पहले शुक्रवार को मनाया जाता है